राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दीं शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से भारत की नारी शक्ति का पर्व मनाने का आग्रह किया है उन्होंने बेटियों का सम्मान कर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपब्धियों को सम्मान देने की बात कही है आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दीपावली के पर्व पर भारत की लक्ष्मी नामक कार्यक्रम की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि प्रे देश में इसका भरपूर स्वागत हुआ है बाईट हम समी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान हमारी बेटियाँ हमारा गौरव हैं और इन बेटियों के महात्मय से ही हमारे समाज की एक मजब्रत पहचान है त्योहारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वो अवसर होता है जब लोगों के जीवन में नई चेतना आती है उन्होंने दीवाली के दौरान लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की बाईट मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आओ हम लोकल खरीदने के आग्रही बनें स्थानीय चीजें खरीदें हमारे बुनकरों के हाथ से बना हुआ हमारे खादी वालों के हाथ से बना हुआ कुछ न कुछ तो हमें खरीदना ही चाहिएद्य जितना ज्यादा हम लोकल चीजें खरीदने का प्रयास करेंगें गांधी एक सौ पचास अपने आप में एक महान अवसर बन जाएगा प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की चर्चा करते हुए कहा कि आज इसकी बात पूरे देशभर में हो रही है उन्होंने विश्व में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रहे हैं प्रधानमंत्री ने मन की बात में लौह पुरूष सरदार पटेल का भी स्मरण किया जिनकी वर्षगांठ इस महीने की इकतीस तारीख को मनाई जायेगी उन्होंने कहा कि सरदार पटेल में लोगों को एक सूत्र में बांधने और वैचारिक स्तर पर असहमत लोगों के साथ संतुलन बनाकर चलने का दुर्लभ गुण था बाईट सरदार पटेल बारिक से बारिक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे परखते थे

इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी सरदार साहब की कार्यशैली के विषय में जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चलता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त होती थी प्रधानमंत्री ने कहा कि इकतीस अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और यह हर कीमत पर देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के संरक्षण का संदेश देता है उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी यानी एकता के लिए दौड़ इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश एक है और इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी स्मरण किया जिनकी इकतीस अक्टूबर को ही हत्या हुई थी श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उस घटना से देश को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने की बारह तारीख को सिख धर्म के संस्थापक गुरू नानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाशोत्सव भारत सहित पूरे विश्व में मनाया जायेगा गुरू नानक का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अनुभव किया जाता है बाईट गुरुनानकदेव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकतीद्य वे छुआ छूत जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहेद्य श्री गुरुनानक देव जी ने अपना सन्देश दुनिया में दूर दूर तक पहुँचायाद्य वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे दीपावली पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हमें सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने और शत्रुता की भावना को समाप्त करने की प्रार्थना के साथ इसके प्रकाश को और फैलाने का प्रयास करना चाहिए दीपों का त्योहार दीपावली आज पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक इस त्योहार के अवसर पर मंदिरों घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष रौशनी की गयी है लोग इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में दीपावली का उल्लास देखा जा रहा है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में भी देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिये लोगों की भीड़ उमड़ रही है पर्व के मद्देनजर राजधानी पटना समेत राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है विभिन्न चौक चौराहों बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर ऐहतियात के तौर पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग और अस्पतालों समेत अन्य एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई सैनिकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये देश के लोगों की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया कई ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों की चौकसी और बहादुरी के चलते राष्ट्र सुरक्षित है श्री मोदी ने सैनिकों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में भी चर्चा की अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे इधर पूर्वी चम्पारण जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में तैनात एसएसबी के जवानों ने नेपाल के सैनिकों के साथ मिलकर दीपावली मनाई इस अवसर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर शुभकामनाएं दीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति कोविंद ने इस अवसर पर लोगों से वंचितों और उपेक्षितों के जीवन को भी प्रेम और ख़ुशियों से भरने की अपील की है उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रकाशोत्सव दर्शाता है कि अंततः सत्य और नैतिकता की ही विजय होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रौशनी का यह उत्सव हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और हमारा देश सदा सुख समृद्धि और सौभाग्य से आलोकित रहे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दीपावली का पर्व हमें अंधकार से प्रकाश असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देता है मुख्यमंत्री ने कामना की है कि प्रकाश का यह पर्व राज्य की जनता के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आये प्रदेश में धान की खरीद पन्द्रह नवम्बर से शुरू होगी और इकतीस मार्च तक चलेगी इस बार धान की खरीद एक हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये प्रति क्यिंटल की दर से होगी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा है कि धान की खरीद चौबीस घंटे के अन्दर किसानों को इसका भुगतान कर दिया जायेगा विभाग के अनुसार जो भी किसान क्रय केन्द्रों पर आयेंगे सरकार सबका धान खरीदेगी इकतीस मार्च तक तीस लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है जदयू की नई प्रदेश कार्यकारिणी की आज घोषणा कर दी गयी है नई कार्यकारिणी में बारह उपाध्यक्ष और उन्नीस महासचिव बनाए गए हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने की इसकी जानकारी दी है छठ प्रजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुये रेलवे ने पटना के साथ राज्य के विभिन्न स्थानों से विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है पटना मुजफ्फरपुर सहरसा कटिहार भागलपुर पूर्णियां और दरभंगा के लिए इन विशेष ट्रेनों का परिचान पांच नवम्बर तक किया जायेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिवहर जिले में आवास का निर्माण प्ररा कराने वाले एक हजार से अधिक लाभुकों को जिला प्रशासन की ओर से आज गृह प्रवेश कराया गया

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दीं शुभकामनाएं